उन्होंने कहा कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के प्रताड़ित अत्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है गोरखपुर में आज विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के बाद लोगों को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुईं जिन्हें किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता उन्होंने उपद्रवी तत्वों को फटकार लगाते हुए कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना है श्री योगी ने कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनसे ही इस नुकसान की भरपायी की जाएगी अपने संबोधन से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के राजकीय जुबली इंटर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में एक सौ पचासी करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी फरवरी माह से प्रदेश भर के चार हजार दो सौ से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रो पी एच सी पर आरोग्य मेलों का आयोजन करेगी प्रत्येक रविवार को आयोजित होने वाले इन आरोग्य मेलों में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरन्तर कदम उठा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के अपने दौरे के दूसरे दिन आज दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया उन्होंने निर्माणाधीन पचास शैया वाले महिला चिकित्सालय के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए निर्माण तीन माह में पूरा कराने के निर्देश दिए बाईस करोड़ की लागत से बन रहे महिला चिकित्सालय का निर्माण मार्च दो हजार अट्ठारह तक पूरा किया जाना था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सेरे ग्यारह बजे देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचारों की नई श्रृंखला जानना जरूरी है में हम उन योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहे हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी के अभाव में आम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं इस श्रृंखला में आप रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम और वास्तविकताओं से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह भ्रम है कि इसमें अन्य देशों से आने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून से सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू सिख जैन बौद्व पारसी और ईसाइयों को लाम होगा यदि उनके पास पासपोर्ट वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ हो तो वे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं इससे ऐसे लोगों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी और जल्द भारत की नागरिकता मिल पाएगी अन्य देशों के नागरिकों के लिए पहले की ही तरह नागरिकता के लिए सामान्य नियम लागू होंगे प्रदेश में भीषण ठंड और कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है बर्फीली हवाएं चलने की वजह से राज्य के अधिकांश संभागों में दिन के तापमान में अत्यधिक गिरावट दर्ज की जा रही है प्रदेश में मुजफ्फरनगर में आज तड़के तापमान एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया गोरखपुर वाराणसी कुशीनगर अयोध्या समेत पूर्वाचल के अधिकांश भागों में आज दिन भर सूरज नहीं निकला और सर्द हवाओं से लोग ठिद्रते रहे मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ दिनों तक ठंड में कोई कमी नहीं आएगी मौसम विभाग ने इकत्तीस दिसंबर से दो जनवरी तक बारिश की संभावना जतायी है प्रदेश सरकार ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिये रैनबसेरों और अलाव की व्यवस्था की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को रैनबसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं